प्रत्याशी आज घर घर जाकर जनसम्पर्क कर के अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तेरह सीटों पर कल सुबह सात बजे से वोट डाले जायेंगे ये सीटें हैं महराजगंज गोरखपुर कूशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और रावर्ट्सगंज मतदान को सक्शल सम्पन्न कराने के लिये पोलियां पार्टियां अपने अपने निर्धारित बूथों के लिये रवाना हो गयी हैं इस चरण में कुल दो करोड़ बत्तीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ इकतालिस मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इनमें एक करोड़ छब्बीस लाख छियालिस हजार दो सौ अठहत्तर महिला मतदाता और एक हजार चार सौ सोलह थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं सातवें चरण के लिये प्रदेश के तेरह जिलों में तेरह हजार नौ सौ उन्यासी मतदान केन्द्र और पवीस हजार आठ सौ चौहत्तर मतदेय स्थल बनाये गये हैं मतदान केन्द्रों और मतदेय स्थलों पर शुचिता के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से मतदान सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों और महिला मतदाताओं के लिये विशेष व्यवस्था की है इस चरण से जिन प्रमुख उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और अनुप्रिया पटेल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय फिल्म अभिनेता रवि किशन और पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कॉग्रेस नेता आरपीएन सिंह शामिल हैं निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित मुद्दों पर आयोग के कामकाज को लेकर मीडिया की रिपोर्टो पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है आयोग ने इन रिपोर्टों को अनावश्यक करार देते हुए कहा है कि ये ऐसे समय आई हैं जब देशभर में सभी मुख्य चुनाव अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मतदान के आखिरी चरण और मतगणना की जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं हाल ही में आयोग की एक वैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान उठे मुद्दों पर विचार के लिए एक समूह गठित किया जाना चाहिए और आदर्श आचार संहिता भी उन्हीं मुद्दों में शामिल है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों की विवानसभा चुनाव के ताजा रूझान और परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी चुनाव पर पहली बार चालिस घंटे के लिए लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा आकाशवाणी समाचार तेईस मई सुबह सात बजे से चौबीस मई रात ग्यारह बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में विशेष जनादेश दो हजार उन्नीस प्रस्तुत करेगा स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फैसला लेने वाली बैठकों से निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा के अलग होने के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सरकार की कड़ी आलोचना की है एक ब्यान में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरेजवाला ने इन बैठकों से लवासा के अलग होने के बारे में मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने कृष्ठ मामलों में लवास की असहमति को रिकॉर्ड नही किया इसलिए उन्होंने इन बैठकों से अपने को अलग कर लिया भगवान गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनायी जा रही है इस अवसर पर प्रदेश में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है विशेष रूप से क्शीनगर सिद्वार्थनगर के कपिलवस्त और वाराणसी के सारनाथ में विशेष पूजा अर्थना की जा रही है कई स्थानों पर आज प्रभातफेरी निकाली गयी हमारे संवाददाता ने बताया कि कपिलवस्तु में भगवान बुद्व की जन्म स्थली में देश विदेश से आये श्रद्वाल्ओं ने स्तूप की परिक्रमा की वहीं भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली स्थित विभिन्न विहारों में कल से ही पूजा की जा रही है कूशीनगर में इस अवसर पर बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी महात्मा बुद्द के महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचे और वहां विशेष पूजा अर्चना कर विश्व शान्ति और समरसतापूर्ण समाज के लिये मंगल कामना की इस अवसर पर वहां एक शोभायात्रा भी निकाली गयी जिसमें म्यामार श्रीलंका थाईलैण्ड नेपाल और देश के विभिन्न भागों से आये बौद्व अनुयायियों ने हिस्सा लिया कृशीनगर के राजकीय बौद्व संग्रहालय में आज भगवान बुद्व के जीवन से सम्बन्धित छाया चित्र प्रदर्शनी भी लगायी गयी है उधर पूरे प्रदेश में गंगा सरयू सहित अन्य नदियों और इलाहाबाद में संगम स्थल पर स्नान के लिये सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा लोगों ने पूजा अर्चना के बाद गरीबों को दान किया राज्यपाल राम नाईक ने बुद्ध पूर्णिमा पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने बधाई सन्देश में कहा कि भगवान गौतम बुद्द ने अहिंसा कर्म समानता और मोक्ष प्राप्ति के लिये सहज साधना का जो मर्म बताया था वह अनुकरणीय है उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पूर्व दिये गये उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक है